लॉकडाउन के दूसरे दिन राज्य के ज्यादातर हिस्सो में प्रषासन की सख्ती के बाद लोग घरों से निकलने से बचे मुख्यमंत्री ने लोगों से लॉकडाउन का पालन करने का किया आहवान जमषेदपुर के बाद रांची के रिम्स में भी कोरोना वायरस की जांच शुरू चार से पांच घंटे में रिपोर्ट आने से लोगों को होगी सहूलियत

श्री मोदी ने आज ट्वीट कर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि वे कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप पर कुछ महत्वपूर्ण बातें देषवासियों के साथ साझा करेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज रात आठ बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे उन्होंने ट्वीट कर बताया कि वे नोवल कोरोना महामारी से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं पर जानकारी साझा करेंगे कोरोना वायरस का संकट उत्पन्न होने के दौरान छह दिन में प्रधानमंत्री का यह दूसरा संबोधन होगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मीडिया से विदेशों के अखबारों में नोवल कोरोना वायरस के संबंध में प्रकाषित वैज्ञानिक अध्ययनों और अंतर्राष्ट्रीय आंकडों के जरिए लोगों को जागरूक करने की अपील की है देशभर की प्रिन्ट मीडिया के पत्रकारों के साथ वीडियो कांफ्रेन्सिंग के जरिए बातचीत में श्री मोदी ने सोशल डिस्टेन्सिंग यानी एक दूसरे से संपर्क करते समय दूरी बनाए रखने के महत्व पर भी जोर दिया

मंत्रालय ने सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजे पत्र में कहा है कि वे यह सुनिश्चित करें कि कोरोना को देखते हुए मीडिया गतिविधियों से जुड़ी सभी संस्थाओं को सुचारू रूप से काम करने की सुविधा मिले प्रषासन की सख्ती के बाद लॉकडाउन का राज्यभर में लोग आज पालन करते हुए दिखे प्रषासन की ओर से पांच लोगों के एक जगह पर इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाया गया है

पुलिस प्रषासन की ओर सख्ती करने पर झारखण्ड के सभी जिलों में लोगों की आवाजाही कम देखने को मिली है धनबाद में लॉकडाउन अवहेलना के मामले में दो दुकानदारों को हिरासत में लिया गया वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों से कोरोना वायरस के संकमण से बचान के लिए अपने अपने घरों में रहने की अपील की कोरोना वायरस को लेकर गिरिडीह केन्द्रीय कारागार में कैदियों की संख्या कम करने के लिए आज जेल अदालत का आयोजन किया गया गिरिडीह केन्द्रीय कारागार में क्षमता से बहुत अधिक कैदी है

बाजारों में अनावश्यक लोगों की भीड़ को देखते हए जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है रांची के उपायुक्त राय महिमापत रे ने बैंकों की कार्यावधि सुबह दस बजे से दोपहर एक बजे तक के लिए करने का आदेष दिया है सड़कों पर वाहनों को नियंत्रित करने को लेकर भी जिला प्रशासन ने निर्देश जारी किया है बगैर पास के वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी बैठक के बाद बताया गया कि बाजार में खाद्य सामग्री की कोई किल्लत नहीं है राषन और सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी जिला समाहरणालय द्वारा उचित मूल्यों पर सेनेटाइजर और मास्क उपलब्ध कराये जा रहे हैं रांची जिला प्रषासन की लोगों से एक अपील

राज्य सरकार की ओर से भी कई दिषा निर्देष जारी किये गये हैं इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाईन नम्बर भी जारी किये हैं

स्वास्थ्य सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी ने बताया कि आज से रिम्स में कोरोना के मरीजों के सैंपल की जांच का काम शुरू हो गया है पांच छह घंटे के अंदर ही जांच की रिपोर्ट मिल जायेगी

पेष है हमारे लातेहार संवाददाता की रिपोर्ट

नई तिथि की घोषणा बाद में की जायेगी केन्द्रीय कैबिनेट सचिव ने राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के लिए विषेष अस्पताल की व्यवस्था करने का निर्देष दिया है कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने पत्र लिखकर त्वरित कार्रवाई टीम और राज्य में जिला निगरानी कोषांग का गठन अविलंब सुनिष्चित करने को कहा है

उग्रवादियों के पास से आपत्तिजनक दस्तावेज और हथियार भी बरामद किए गए हैं